कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

सीएम बोकार्पण म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज नैनीझील में एक करोड़ की लागत से स्थापित दिव्य नैनीझील जल ग्रणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकार्पण किया एक दिन के दौरे पर नैनीताल पहंचे म्ख्यमंत्री ने कहा कि नैनीझील अपनी प्राकृतिक स्न्दरता के लिए द्निया भर में जानी जाती है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है उन्होंने जिला प्रशासन और यूएनडीपी को इस अभिनव पहल के लिए बधाई दी साथ ही उन्होंने सभी से नैनीझील को स्वस्थ व स्वच्छ रखने की अपील भी की इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जल ग्णवत्ता के सतत मापन के लिए मल्लीताल और तल्लीताल में एक एक सेंसर स्थापित किये गये हैं जिनसे झील के पानी की ग्णवत्ता सम्बन्धित आंकड़ों को एलईडी स्क्रीन पर आम जनमानस के लिए प्रसारित किया गया है इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नैनीझील को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ेगी जल ग्णवत्ता के विस्तृत आंकड़ों और चेतावनी को एसएमएस और मोबाइल ऐप के जरिए भी प्रसारित की जायेगी जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रणाली से नैनीझील के अंतरजलीय वनस्पति और जीव जन्त्ओं के लिए अन्कुल पर्यावरण विकास और प्रबन्धन करते हुए झील का संरक्षण किया जा सकेगा

शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है एसओपी के मुताबिक अगर ज्यादा छात्र स्कूल आएं तो स्कूल का संचालन दो पालियों में किया जा सकता है स्कूलों में छात्रों के लिए छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी स्कूल खोलने से पहले परिसर को पूरी तरह सैनेटाइज करना होगा हर पाली के बाद सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी

स्कूलो में थर्मल स्क्रीनिंग हैंडवॉश और सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी स्निश्चित की जाएगी

स्कूल वाहनों को हर दिन कम से कम दो बार सैनेटाइज करना होगा स्कुल में खेलकुद और मनोरंजन संबंधी एक्टिविटीज नहीं होंगी प्रार्थना भी क्लास रूम में ही की जाएगी म्ख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो बच्चे स्क्ल नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली हैं

जिले के तोता घाटी के पास ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण के चलते इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए खोले जाने से देवप्रयाग कीर्ति नगर पौड़ी श्रीनगर रुद्रप्रयाग चमोली जखोली थराली घाट ग्वालदम जैसे क्षेत्रों के लोगों को अब ऋषिकेश चंबा गडोलिया से नहीं आना पड़ेगा जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन की तरफ से इस मार्ग पर वाहन चलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसमें भूगर्भ वेताओं को शामिल किया गया था

भारी वाहन का संचालन ऋषिकेश चंबा गडोलिया मार्ग से पहले की तरह ही चलता रहेगा कैन एप बॉन्च म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैंसर की रोकथाम के लिए कैन एप को लॉन्च किया

उन्होंने इसे राज्य की स्थानीय बोलियों में भी बनाये जाने का सुझाव दिया कैन एप के बारे में जानकारी देते हए डॉ सुमिता प्रभाकर ने कहा कि जागरूकता और जानकारी की कमी कैंसर की रोकथाम के लिए उपकरणों की कमी और रिकॉर्ड न होने के कारण स्तन कैंसर तेजी से बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि कैन एप स्तन कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए कारगर होगा यह एप स्तन कैंसर के लक्षणों जोखिम कारकों और शुरूआती जांच के तरीकों के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है इसमें डॉक्टर की विजिट का रिमाइंडर आगामी परीक्षण के रिमांडर की स्विधा उपलब्ध है परीक्षण के दौरान पाये जाने वाले किसी भी असामान्य लक्षण का रिकॉर्ड एप में बनाया जा सकता है जो प्री तरह ग्राफिकल है यह एप गढ़वाली हिन्दी अंग्रेजी और अवधी भाषा में बनाया गया है

नगर निगम को नए भवनों में कर वसूलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीआईएस लगाने का मकसद भवन कर चोरी रोकने के लिए है क्योंकि कई बार सर्वे के बाद प्राने और नए भवन स्वामी कर नहीं देते हैं जीआईएस सिस्टम से नगर निगम के पास सभी भवनों और नए निर्माण कार्यों की जानकारी रहेगी नगर निगम रुइकी के सहायक नगर अधिकारी चन्द्रकान्त भट्ट ने बताया कि अमृत शहरों के लिए यह स्कीम रखी गई थी लेकिन अब रुड़की नगर निगम भी हर प्रॉपर्टी को जीआईएस मैप पर देखेगा इससे सर्वे करने से छ्टकारा मिल सकेगा और सघन अभियान चलाकर टैक्स वसूलने में आसानी होगी भाजपा जिला प्रवास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि पार्टी कोर कमेटी के फैसले अन्सार सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाकर प्रवास करने को कहा गया है प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी मंत्रियों को पत्र लिखा जा रहा है मंत्रियों से कहा गया है कि वे प्रशासनिक बैठक से पहले जनता और कार्यकर्ताओं से मिलें और रात्रि विश्राम भी उसी ज़िले में करें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की सेवा में तत्पर है मुद्महेश्वर सीडीओ रुद्रप्रयाग के मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट ने मम्महेश्वर क्षेत्र की बिजली की समस्या के सम्बन्ध में मद्महेश्वर धाम के प्जारी और स्थानीय लोगों से चर्चा की उन्होंने इस सम्बन्ध में सौर ऊर्जा और पंचक्की के माध्यम से स्थानीय तौर पर विद्य्त उत्पादन के सम्बन्ध में उनके साथ विचार विमर्श किया